राज्य के नगरीय क्षेत्रों में दिन के समय मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों और दूसरे व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ वापस लाने का निर्णय लिया है इसके तहत बर्डी संख्या में मजदूर अपने जिले और गांव आएंगे बाहर से आने वाले इन सभी लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा इसके लिए राज्य के सभी जिलों में गांवों के बाहर क्वारेंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं राज्य की स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये क्वारेंटाइन सेंटर गांव से बाहर होने चाहिए साथ ही इनके चारों ओर बैरेकेटिंग की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति इन सेंटरों से बाहर न जा सके यदि कोई क्वारेंटाइन सेंटर सामुदायिक भवन या स्कूल में बनाया गया हो तो सेंटर के अंदर भी अलग अलग भाग हो ताकि यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल दूसरे भाग में रखा जा सकें स्वास्थ्य विमाग ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं कि क्वारेंटाइन सेंटर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए न जाए इस बीच बिलासपुर जिला कलेक्टर ने बीते एक मई के बाद अन्य प्रदेशों से आए श्रमिकों की जानकारी लेने के लिए मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं कोरोना संदिग्ध मरीज राज्य में आज भिले कोरोना संक्रमण के तीन नये संदिग्घों की आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है इन तीनों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनके नमूने पीसीआर जांच के लिए भेजे गए थे

हालांकि इन तीनों को विकित्सकों की निगरानी में अगले चौदह दिनों तक क्वारेंटाइन में रहना होगा इनमें से दो व्यक्ति कोंडागांव के कोरमेल गांव के हैं जो बिहार से लौटे हैं वहीं तीसरा व्यक्ति जगदलपुर का रहने वाला है और अहमदाबाद से लौटा है इधर राजधानी रायपुर में कल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन विशेष ऐहतियात बरत रहा है सरस्वती नगर क्षेत्र के छह इलाकों को कंटनमेंट जोन बना कर पूरी तरह सील कर दिया गया है यहां के साईस कॉलेज हॉस्टल रोड पंडित रविशंकर मुख्य द्वार और पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम गेट के पास आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है इन क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी द् कानें और कार्यालय बंद रहेंगे गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक अंठावन कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें से छत्तीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि बाईस मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है कोरोना कोटा बच्चे राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ लौटे बच्चों को अब क्वारेंटाइन सेंटर से होम आइसोलशन में शिफ्ट किया जाएगा राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन बच्चों को शर्तों के साथ घरों में लौटने की इजाजत दी जाएगी रायपुर जिले के बच्चों की घर वापसी का कार्य राजधानी स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से शुरू होगा एक हफ्ते पहले कोटा से छत्तीसगढ़ लौटे सभी बच्चों की कोरोना जांच हो चुकी है और सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है इन बच्चों को वापसी के बाद राज्य के अलग अलग शहरों में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था लेकिन आज रात से इन बच्चों को उनके घरों में भेजना शुरू कर दिया जाएगा होम आइसोलेशन में भेजने से पहले राज्य सरकार सभी बच्चों के अभिभावकों से शपथ पत्र लेगी जिसमें स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक सभी बच्चों को चौदह दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रखा जाएगा और उनके घरो से बाहर निकलने पर मनाही होगी रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि रायपुर स्थित इंडोर स्टेडियम से आज शाम सात बजे से पालक अपने बच्चों को घर ले जा सकते हैं उन्होंने बताया कि रायपुर जिले के एक सौ छत्तीस कबीरधाम और बेमेतरा जिले में क्वारेंटाइन किए गए थे वहीं रायपुर में आठ जिलों के सात सौ बच्चे चार बच्चों को क्वारेंटाइन किया गया था इन सभी बच्चों को आज से उनके गृह जिले में भेजा जाएगा गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य सरकार के निर्णय के बाद सौ बसों के जरिए राजस्थान के कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के दो हजार से अधिक बच्चों को वापस लाया गया था इनमें से करीब सात सौ बच्चे रायपुर के हैं

केन्द्र सरकार के गाइड लाइन के मुताबिक अब मालवाहक गाड़ियां रात साढ़े नौ बजे से सुबह छह बजे तक ही आ जा सकेंगी साथ ही गाडियों के डाइवर और क्लीनर को सामाजिक द्री के निर्देश का पालन करना होगा परिवहन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने इन निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए हैं उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक गाड़ियों के ड्राइवर और क्लीनरों के रूकने की व्यवस्था नगरीय क्षेत्र के बाहर की जाय यह भी सूनिश्चित किया जाए की माल परिवहन और अन्य सामान्य गतिविधियों के लिए अलग अलग समय सीमा तय हो कोरोना शराब दकान प्रदेश में शराब दुकानों के खूले रहने के समय में कटौती कर दी गई है अब राज्य में शाम चार बजे तक ही शराब दकानें खुली रहेंगी राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं इसके मुताबिक राज्य में शराब दुकान बंद करने के समय को गैर जरूरी सेवाओं के समय के साथ जोड़ दिया गया है लॉकडाउन में छूट के दौरान जिन जिलों में गैर जरूरी सेवाओं की दुकानों को बंद करने का समय तीन बजे निर्घारित है वहां शराब द्वकाने भी तीन बजे बंद हो जाएंगी लेकिन किसी भी स्थिति में शराब दुकाने शाम चार के बाद खुली नहीं रह सकेंगी मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जमीन और मकानों की रजिस्टी प्रक्रिया को और सहज बनाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रजिस्ट्री के लिए लोगों को दिनभर इंतजार ना करना पड़े और यह काम कृछ घंटों पूरा हो जाए मुख्यमंत्री ने आवासीय मकानों की रजिस्टी शुल्क में दी जा रही दो प्रतिशत की छट को जारी रखने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में वाणिज्यकर राजस्व और आपदा प्रबंधन विमाग के कार्यों की समीक्षा की बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि बीते वित्तीय बर्ष में विभाग ने पन्द्रह सौ पचास करोड़ रूपए के राजस्व के लक्ष्य से ज्यादा छह सौ चालीस करोड़ रूपए का राजस्व अर्जित किया था

वहीं द्सरी ओर जरूरतमंद लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के समक्ष पहंच रहे हैं राजनांदगांव से प्रवासी मजदूरों के पहले समूह को कल बस के जरिए झारखंड के लिए रवाना किया गया ये मजदूर जिले में भवन निर्माण कार्य करते थे पहले चरण में इक्कीस मजदूरों को भेजा गया है जिला प्रशासन के अनुसार अन्य मजदरों को भी जल्द भेजा जाएगा इस बीच इसी जिले के साल्हेवारा स्थित सिंगबोरा गांव के क्वारेंटाइन सेंटर से एक युवक फरार हो गया है यह युवक हैदराबाद से आया था और इसे गांव के प्राथमिक शाला भवन स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था बताया जाता है कि इसने सेंटर में रहने वाले अन्य लोगों से विवाद किया और इसके बाद भाग निकला फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है वहीं दूसरे राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों से विभिन्न प्रकार की सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को अब सीधे राजनादगांव शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी इन वाहनों को सबसे पहले ट्रान्सपोर्ट नगर में अपनी जानकारी देनी होगी जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी राजनांदगांव के मोहारा में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शराब दुकानें खोले जाने का विरोध किया मोर्चें के कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे इस बीच राजनांदगांव में ही प्रलिस के जवान दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिको की हरसंभव मदद कर रहे हैं इन जवानों द्वारा रैन बसेरा में मजदूरों के खान पान की व्यवस्था के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाए भी मुहैया भी कराई जा रही है उधर रायगढ़ जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएनकेशरी ने बताया है कि करीब सात सौ लोगों के नमूने आरटी पीसीआर से जांच के लिए भेजे गए हैं जिसमें से पांच सौ छियासी व्यक्तियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है शेष नमूनों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कल उनचास हजार से अधिक घरों का सर्वे पूरा कर लिया गया और सर्दी खांसी तथा बुखार के लक्षण वाले को चिन्हांकित कर सूची तैयार की जा रही है मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोरबा और कटघोरा से आने वाले लोगों को होम क्वारेंटाईन में रखकर उनकी हर दिन जांच की जा रही है जिले में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है वहीं दूर्ग जिले में कोरोना वायरस के जो आठ पाए गए हैं उनके संपर्क में आए एक सौ सत्ताईस लोगों को क्वारेंटाइन में रखा गया है इनमें स्वास्थ्य कर्मी शासकीय कर्मचारी के साथ ही मरीजों के परिजन भी शामिल हैं सभी के सैंपल लेकर के जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया इन मरीजों के रिहायशी क्षेत्रों को सील कर पुरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है साथ ही इन क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है आज पहले दिन करीब एक हजार घरो में सर्वे किया गया यह कार्य आगामी दो दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है सर्वे कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग की भितानिन कार्यकर्ता महिला और बाल विकास विभाग की सपरवाइजर तथा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है इधर धमतरी जिले में लॉकडाउन के दौरान भिली छूट के बाद निर्धारित समय पर अधिकांश दुकाने खोली जा रही हैं लेकिन ठेला और चौपाटी लगाने का काम अभी भी बंद है भखारा नगर पंचायत क्षेत्र में ठेला चौपाटी व्यवसाय से जुड़े लोगों ने नायब तहसीलदार से उन्हें द्कान खोलने की अनुमति देने के लिए ज्ञापन सौंपा है कोरिया जिले में फंसे झारखंड के श्रमिकों को भी बर्सों के जरिए आज रवॉना कर दिया गया जिला कलेक्टर ने बताया कि गढ़वा जिला कलेक्टर ने श्रमिकों की सूची जारी की थी इसके आधार पर झारखंड के सैंतीस लोगों को स्वास्थ्य जांच के बाद रवाना किया गया इसी तरह महासमुंद जिले की बागबाहरा पुलिस ने ओड़िशा के बरगढ़ से पैदल मध्यप्रदेश जा रहे मजदूरो को घर तक पहंचाने की व्यवस्था की वहीं इसी जिले में जिला प्रशासन ने कल छह मई को पचास शादी समारोह के लिए सशर्त अनुमति दी है

इन कैंडेटों ने दूर्ग भिलाई में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को ँ सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग कमांड अधिकारी कर्नल राजेश सेठी ने एनसीसी कैडेटों की तीन टीमें बनाई इसके बाद इन कैडेटों ने इंदिरा मार्केट सिकोला भाटा और सुपेला मार्केट में लोगों को मास्क पहनने और हाथों को बार बार धोने के प्रति जागरूक किया एनसीसी कैडेटों ने दुकानों में भीड़ बढ़ने पर आम जनता को बार बार सामाजिक दूरी बनाने की हिदायतें भी दीं खास बात यह है कि एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित रह कर कैडेटों का उत्साह बढ़ाया

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि जेईई की मुख्य परीक्षा आगामी जूलाई महीने में अट्ठारह से तेईस तक होगी वहीं जेईई एडवान्स की परीक्षा आगामी अगस्त महीने में होगी जिसकी तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा श्री निशंक ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आगामी छब्बीस जुलाई को होगी केन्द्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की लंबित परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था निजी स्कूल फीस अधिनियम प्रदेश में अशासकीय और निजी स्कूलों के लिए छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम का प्रारूप तय करने में आम लोगों की मदद ली जाएगी इसके लिए इच्छुक लोग पन्द्रह मई तक स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपने सुझाव भेज सकते हैं अधिनियम का प्रारूप बनाने के संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के उप समिति की बैठक हुई बैठक में आम लोगों से सुझाव के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक एके बंजारा को नोडल अधिकारी बनाया गया गौरतलब है कि राज्य में निजी स्कूलों की फीस विनियमन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर अनुसंशा देने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्रिपरिषद उप समिति की गठन किया गया है दर्घटना महासमुद जिले में बीते चौबीस घंटों के दौरान दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक महिला सरपंच सहित दो लोगों की मौत हो गई पहली घटना बेलसोंडा के नईया तालाब के पास हुई जहां मनरेगा के तहत काम करने जा रहे मोटर सायकल सवार एक दंपत्ति को मालवाहक वाहन ने अपनी चेपेट में ले लिया मौके पर ही पति की मौत हो गई जबकि पत्नी का इलाज अस्पताल में चल रहा है वहीं सरायपाली ब्लॉक के रूढ़हा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच की भी कल राफेल गांव के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई उधर राजनांदगांव जिले में विखली पुलिस चौकी के पास कल हुए सड़क हादसे में एक पुलिस आरक्षक की मौत हो गई यह आरक्षक गातापार क्षेत्र के कुर्सीपार का रहने वाला था और मोटर सायकल से गंडई थाना जा रहा था इसी दौरान मोटर सायकल अनियंत्रित होने से इस आरक्षक के सिर पर गंभीर चोटे आई है और मौके पर ही मौत हो गई एक्सप्रेस वे निर्माण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खारून नदी को प्रदृषण मुक्त करने के साथ ही भाटागांव से कुम्हारी तक दोनों किनारों पर एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा है रायपुर में नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अमृत मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संचालित कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए उन्होंने मवेशी मुक्त शहर अभियान की शुरूवात रायपुर से करने को कहा इसके लिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र म आगामी एक महीने के भीतर शहरी गौठान बनाया जाएगा

अब तक साढ़े बीस हजार मानक बोरा से अधिक तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है शासन द्वारा संग्राहकों को आठ करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जाएगा वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने संग्रहण में तेन्द्रपत्ता की अच्छी गुणवत्ता पर भी विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए संग्रहण के दौरान मास्क का इस्तेमाल करने के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी किया जाए वहीं नारायणपुर जिले में भी तेंद्रपत्ता संग्रहण का काम कल से शुरू हुआ है जिला मुख्यालय से पन्द्रह किलोमीटर दूर स्थित मरदेल गांव के संग्राहकों में संग्रहण कार्य शुरू होने से उत्साह है ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें तेंदूपत्तों संग्रहण कार्य से आमदनी का अतिरिक्त जरिया मिलता है